मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने का दिया निर्देश

बाढ़ की स्थिति गम्भीर हुई

प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में छत्तीस लोगों की मौत हो गयी जबकि तेरह अन्य घायल हो गये सबसे अधिक जमुई में आठ लोगों की मौत की खबर है वहीं औरंगाबाद जिले में सात बांका में पांच भागलपुर कटिहार और रोहतास में तीन तीन नालंदा में दो तथा सीतामढ़ी गया मुंगेर अरवल और अररिया में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मृतकों के निकटतम परिजनों को आपदा राहत कोष से चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि तत्काल देने का निर्देश दिया है साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों का मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया है पिछले चौबीस घंटों से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है पटना और आस पास के इलाकों में आज सुबह से वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार छब्बीस जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और उत्तरी तथा पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी मध्य पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है इधर पटना स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र ने अगले दो घंटों से तीन के दौरान पटना वैशाली जहानाबाद रोहतास औरंगाबाद मुंगेर लखीसराय और पूर्वी चम्पारण जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जतायी है इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जतायी है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां एक बार फिर उफान पर हैं जल संसाधन विभाग के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का पानी सिकंदरपुर में खतरे के निशान से चार सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है समस्तीप्र में नदी का जलस्तर लाल निशान से तिरसठ सेंटीमीटर और रोसड़ा में एक सौ अड़तालीस सेंटीमीटर ऊपर है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग में चार सेंटीमीटर रून्नीसैदपुर में एक सौ उनचास सेंटीमीटर बेनीबाद में सत्ताईस सेंटीमीटर और हायाघाट में खतरे के निशान से सत्ताईस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है अधवारा समूह की नदियां जयनगर में लाल निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से एक सौ सेंटीमीटर तथा महानंदा नदी ढ़ेग में पन्द्रह सेंटीमीटर और झावा में चौदह सेंटीमीटर ऊपर आ गयी है दरभंगा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है पश्चिम चम्पारण में सिंगहा नदी पर बना गाईड बांध टूट जाने से रामनगर प्रखंड के दो गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं नरकटियागंज रेलवे यार्ड में पानी के प्रवेश कर जाने से लगभग चार घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा इधर मौसम विभाग द्वारा आज भी उत्तर बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी किये जाने के बाद जल संसाधन विभाग ने तटबंधों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और अभियंताओं को चौबीसों घंटे निगरानी के आदेश दिये गये हैं पश्चिम चम्पारण मध्रबनी सीतामढ़ी और सुपौल में अलर्ट जारी किया गया है भारतीय वायू सेना राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों दरभंगा सीतामढ़ी और मध्रबनी में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चला रही है ग्रप कैप्टन बी बी पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर दरभंगा में तैनात किये गये हैं प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से खाने के पैकेट और राहत सामग्री एयर ड्राप की जा रही है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाढ़ विस्थापितों ने जगह जगह राष्ट्रीय उच्च पथों पर शरण ले रखी है राहत शिविरों में जगह नहीं मिल पाने के कारण उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों ने राहत वितरण सामग्री वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये हंगामा और प्रदर्शन किया केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इकतीस जुलाई से बढाकर इकतीस अगस्त कर दी है सरकारी विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह फैसला ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयां आ रही हैं इनमें एक कारण यह भी है कि मूल्यांकन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए फॉर्म नम्बर सोलह जारी करने की तारीख बढ़ा दी गई थी प्रदेश के मदरसों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आलिम फाजिल और मौलवी की नियुक्ति टीईटी के जरिये होगी श्री अंसारी ने बताया कि बोर्ड जल्द ही टीईटी का आयोजन करेगा केन्द्र सरकार प्रदेश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से निगरानी करेगी समग्र शिक्षा के सगुणोत्सव योजना के तहत सितम्बर महीने में विद्यालयों की निगरानी की जायेगी इस दौरान स्कूलों की स्थिति का पूरा विवरण एप पर दर्ज किया जायेगा इसमें स्कूलों में बच्चों तथा शिक्षकों की संख्या स्कूल भवन पेयजल और शौचालय जैसे आधारभूत सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी होगी स्कूल अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट से इन आंकड़ों का मिलान किया जायेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जायेगा केन्द्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों का निपटारा छब्बीस जुलाई तक पूरा कर लेने का कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिया साथ ही किसानों की बीमा योजना से संबंधित तैयारियों को भी पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी कराने के लिए मरीजों को अब पैसे नहीं देने होंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में यह जानकारी दी अभी इस सेवा के लिए पचास से सत्तर रूपये तक लिये जा रहे हैं बिहार राज्य महिला आयोग ने भोजपुर जिलों में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने और एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधीक्षक से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि इस मामले में एक पीड़िता द्वारा विधायक शब्द का जिक्र हुआ है जिसकी भी छानबीन की जा रही है पूर्वी चम्पारण जिले के नजारत प्रशाखा के तत्कालीन नाजिर शत्र्घ्न पंडित पर अंठानवे लाख रूपये गबन के मामले में मोतिहारी नगर थाने में जिलाधिकारी रमण कुमार के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कैश वैन समेत साढ़े अठारह लाख रूपये के सिक्कों की हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुसरूपुर से कैश वेन बरामद कर लिया है लेकिन सिक्कों की बरामदगी नहीं हो सकी है मामले में अब तक चौदह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेन स्नेचिंग की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है पेंशन में सरकारी अंशदान अब चौदह प्रतिशत दैनिक जागरण की सुर्खी है कनार्टक का नाटक खत्म कुमारस्वामी सरकार गिरी दैनिक भास्कर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द किया प्रभात खबर ने लिखा है आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी की अर्जी खारिज सीबीआई और ईडी के मामलों की अलग अलग होगी सुनवाई आज की सुर्खी है कश्मीर मुद्दे पर ट्रम्प को भारत का जवाब मोदी ने नहीं कि मध्यस्थता की बात कश्मीर सिर्फ द्विपक्षीय मसला राष्ट्रीय सहारा लिखता है लालू रूडी समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने का दिया निर्देश

बाढ़ की स्थिति गम्भीर हुई